राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने राजभवन में आयोजित एक सादे मगर गरिमापूर्ण समारोह में उन्हें पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के अलावा विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल मंत्रिमण्डल के सदस्य हरियाणा के शिक्षा मंत्री राम विलास शर्मा विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और वरिष्ठ अधिकारियों सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति समारोह का गवाह बने इस मौके पर न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि गरीबों को न्याय दिलाना उनकी प्राथमिकता रहेगी बाद में प्रदेश उच्च न्यायालय में उनके सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर और फुल कोर्ट रेफरेंस का आयोजन किया गया गोबिंद ठाकुर वन मंत्री गोबिंद सिंह ठाकुर ने कहा है कि शिमला शहर में लोगों को बंदरों से छुटकारा मिलेगा एक प्रैस बयान में उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने शिमला शहर सहित अन्य सभी स्थानों में जंगली जानवरों और बंदरों के उत्पात से निजात दिलाने के लिए एक कार्य योजना तैयार की है उन्होंने कहा है कि मौजूदा समय में वन्य प्राणी विभाग के तीन दल बंदर पकड़ने का कार्य कर रहे हैं और अभी तक करीब ढाई सौ बंदरों को नसबंदी केंद्रों तक पहुंचाया है गोबिंद ठाकुर ने कहा कि शिमला व आसपास के क्षेत्रों में एक बंदर अभयरण्य स्थापित करने का सरकार प्रयास कर रही है ताकि बंदरों को यहां पुर्नवासित किया जा सके मारकंडा किसानों को टमाटर के बेहतर दाम देने के लिए करीब तीन करोड़ रूपए की लागत से सोलन में टमाटर प्रसंस्करण उद्योग स्थापित किया जाएगा कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने कल शाम सोलन सब्जी मंडी का जायजा लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत में ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि उद्योग स्थापित करने को लेकर डीपीआर तैयार है और वर्ल्ड बैंक से धनराशि मिलने के बाद तुरंत कार्य शुरू कर दिया जाएगा

शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने रेणुका निर्वाचन क्षेत्र के सेरतंदुला गांव में कल एक जनसभा में ये विचार व्यक्त किए उन्होंने कहा कि बच्चों को नशे के दुष्प्रभाव बारे जागरूक करने के लिए अध्यापकों व अभिभावकों को अहम भूमिका निभानी चाहिए ताकि वे नशे का शिकार न बन सके सैजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने पर्वतीय राज्यों की कृषि बागवानी और विकास संबंधी जरूरतों के मुताबिक नीति निर्धारण पर बल दिया है सोलन में तीन दिवसीय सतत पर्वतीय विकास सम्मेलन के समापन अवसर पर उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि व बागवानी कार्यों के लिए मैदानी इलाकों की तुलना में वातावरण अलग रहता है और पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के मापदंड भी हमेशा अलग होते हैं राजीव सैजल ने कहा कि विकास के साथ साथ पर्वतीय क्षेत्रों में अनेक पर्यावरणीय और जलवायुगत बदलाव हुए हैं जिनका सबसे अधिक प्रभाव कृषि व बागवानी पर पड़ा है उन्होंने कृषि वैज्ञानिकों को इस दिशा में गहन मंथन करने की जरूरत बताई अनुराग ठाकुर लोकसभा में मुख्य सचेतक और सांसद अनुराग ठाकुर जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन के सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं दो अक्तूबर को शुरू हुआ ये सम्मेलन सात अक्तूबर तक चलेगा अनुराग ठाकुर पिछले चार सालों से डब्ल्यूटीओ जैसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सम्मेलन में उन्होंने विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों से समय के अनुसार काम करने और बहुपक्षीय सुधार के लिए सामूहिक जिम्मेदारी लेने का आग्रह किया अनुराग ठाकुर ने इस दौरान गरीब किसानों की रिथति में सुधार खाद्य भण्डारण के स्थाई समाधान के नए तरीकों और कई सामाजिक विकास के कार्यक्रमों पर चर्चा की